एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर

उदय नारायण चौधरी अब्दुल बारी सिद्दीकी पप्पू यादव तथा लवली आनंद सहित कई दिग्गज भी हारे

कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को तीस हजार से अधिक मतों से पराजित किया विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती का सिलसिला जारी है अब तक घोषित परिणामों में सत्तारूढ़ एनडीए ने संतानवे सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि महागठबंधन से पचासी प्रत्याशियों को जीत मिली है एनडीए एक सौ बाईस सीटें जीत चुका है या उसपर बढ़त बनाये हुए हैं वहीं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन एक सौ तेरह सीटें जीत चुका है या उसपर बढ़त बनाये हुए हैं अब तक जारी परिणामों के अनुसार भाजपा इकसठ सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है वहीं जदयू को तैंतीस सीटों पर जीत हासिल हुई है एनडीए के घटक विकास शील इंसान पार्टी ने चार सीटों पर जीत हासिल की है जबकि जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा दो सीटों पर जीत हासिल की है महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने छप्पन सीटों पर जीत हासिल की है कांग्रेस के खाते में सोलह सीटें आयी है वामदलों ने अब तक का बिहार की राजनीति में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उन्नीस सीटों पर चुनाव लड़ रही सीपीआई माले की झोली में नौ सीटें आयी है वहीं सीपीआई ने दो सीटों पर जीत हासिल की है सीपीएम के खाते में तीन सीटें आयी हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने इस चूनाव में जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाया है एक सौ सैंतीस सीटो पर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी लोजपा एक सीटें जीत चुकी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे बसपा के खाते में एक सीट आयी है

जदयू प्रत्याशी और वरिष्ठ मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव सुपौल से चूनाव जीत गये है अन्य मंत्रियों में भाजपा के नंद किशोर यादव पटना सहिब से राम नारायण मंडल बांका से प्रमोद कुमार मोतिहारी से और प्रेम कुमार गया टाउन से निर्वाचित घोषित किये गये हैं वहीं जदयू कोटे से कई मंत्रियों ने भी जीत हासिल की है आलमनगर से नरेन्द्र नारायण यादव बहाद्रपूर से मदन सहनी ने जीत दर्ज की है इस चुनाव में कई मंत्रियों के लिए परिणाम निराशाजनक रहा नगर विकास मंत्री और मुजफ्फरपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुरेश कुमार शर्मा और चैनपुर से भाजपा के उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिंद चुनाव हार गये है मंत्री और जदयू प्रत्याशी जय कुमार सिंह रोहतास जिले के दिनारा से बक्सर जिले के राजपुर से संतोष कुमार निराला और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद सिकटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गये हैं भाजपा से निर्वाचित होने वालों में रामनगर से भागीरथी देवी नरकटियागंज से रश्मि वर्मा बगहा से राम सिंह लौरिया से विनय बिहारी नौतन से नारायण प्रसाद चनपटिया से उमा कांत सिंह बेतिया से रेणु देवी रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी ढाका से पवन कुमार जायसवाल रीगा से मोती लाल प्रसाद और बथनाहा से अनिल कुमार शामिल हुए हैं भाजपा की परिहार से गायित्री देवी सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार खजौली से अरूण शंकर प्रसाद राजनगर से रामप्रीत पासवान झंझारपुर से नितिश मिश्रा नरपतगंज से जयप्रकाश यादव फरबिसगंज से विद्या सागर केसरी सिकटी से विजय कुमार मंडल बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि दरभंगा से संजय सरावगी हायाघाट से राम चन्द्र प्रसाद केवटी से मुरारी मोहन झा जाले से जिवेश कुमार औराई से रामसुरत कुमार बरूराज से अरूण कुमार सिंह और पारू से अशोक कुमार सिंह निर्वाचित हुए हैं बरौली से भाजपा के राम प्रवेश राय गोपालगंज से सुभाष सिंह दरौंदा से कर्णजीत सिंह गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह तरैया से जनक सिंह हाजीपुर से अवधेश सिंह मोहिउद्दीननगर से राजीव कुमार सिंह बेगूसराय से कुंदन सिंह कहलगांव से पवन कुमार यादव कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम दीघा संजीव चौरसिया बांकीपुर से नितिन नवीन और बरहरा से राघवेन्द्र प्रताप सिंह निर्वाचित हुए है जदयू से जीत हासिल करने वालों में वाल्मीकिनगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह केसरिया से शालिनी मिश्रा रून्नीसैदपुर से पंकज कुमार मिश्रा हरलाखी से सुधांशु शेखर बाबूबरही से मीना कामत निर्मली से अनिरूद्ध प्रसाद यादव पिपरा से राम विलास कामत त्रिवेणीगंज से वीणा भारती धमदाहा से लेसी सिंह बरारी से विजय सिंह कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी बेनीपुर से बिनय चौधरी सकरा से अशोक कुमार चौधरी कुचायकोट से अमेन्द्र कुमार पांडेय गोपालपुर से नरेन्द्र नीरज और बेलहर से मनोज यादव शामिल हैं

प्रमुख नाम में लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव हसनपुर से चूनाव जीत चूके है दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव मोकामा से अनंत सिंह मनेर से भाई विरेन्द्र सुगौली से शशि भूषण सिंह नरकटिया से शमीम अहमद बेलसंड से संजय कुमार गुप्ता मधेप्ररा से चन्द्र शेखर मीनापुर से राजीव कुमार जगदीशपुर से राम विशुन सिंह लोहिया भभुआ से भरत बिंद और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान शामिल हैं इसके अलावा सिंघेश्वर से चन्द्रहास चौपाल बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद सोनपुर से रामानुज प्रसाद परसा से छोटे लाल राय और मढ़ौरा से जितेन्द्र कुमार राय राजद के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं अररिया से कांग्रेस के आबिदुर रहमान कुटुम्बा से राजेश कुमार औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम कदवा से शकील अहमद खान तथा मुजफ्फरपुर से विजेन्द्र चौधरी से जीत दर्ज की है विधानसभा चूनाव में एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है इनमें बहाद्रगंज विधानसभा से मोहम्मद अंजर नईमी कोचाधामन से मोहम्मद इजहार अशफी जोकीहाट सीट से शाहनबाज आलम और बायसी विधानसभा सीट से रूकनुउद्दीन ने विजय प्राप्त की है इधर रामगढ़ विधानसभा से बसपा उम्मीदवार अम्बिका प्रसाद सिंह और चकाई से निर्दलीय प्रत्याशी सुमित सिंह चुनाव जीत गये हैं वहीं लोजपा ने बेगूसराय की मटिहानी सीट पर जीत हासिल की हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि अररिया से कांग्रेस के अबिद्र रहमान ने जदयू की शगुफ्ता को पराजित किया है फारबिसगंज से भाजपा के विद्यासागर केसरी ने कांग्रेस के जाकिर अनवर पर जीत दर्ज की है नरपतगंज से भाजपा के जयप्रकाश यादव ने राजद के अनिल यादव को हराया है वहीं रानीगंज से जदयू के अश्मित ऋषिदेव ने राजद के अविनाश को पराजित कर द्रसरी बार जीत दर्ज की है सिकटी से भाजपा के विजय मंडल ने भी दूसरी बार अपनी सीट बरकरार रखी है जमुई के चार विधानसभा सीटों में तीन पर एनडीए ने कब्जा जमाया है जबकि एक पर निर्दलीय की जीत हुई है

जित हासिल करने वालों प्रमुख उम्मीदवारों में इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी शामिल हैं दरभंगा से भाजपा के संजय सरावगी चनपटिया से भाजपा के उमाकांत सिंह वाल्मीकिनगर के जदयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह बगहा से भाजपा के राम सिंह ने जीत हासिल की है मोहनिया से राजद की संगीता कुमारी ने भी जीत हासिल की है संदेश से राजद की किरण देवी ने जदयू के विजेन्द्र यादव को पराजित किया है बिक्रम से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ ने जीत हासिल की है नबीनगर से राजद के विजय कुमार सिह गौड़ाबौराम से वीआईपी की स्वर्णा सिंह और पारू से भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने भी जीत दर्ज की है ढाका विधानसभा से भाजपा के पवन जायसवाल ने राजद के फैसल रहमान को तीन हजार मतों से पराजित किया है सकरा से जदयू के अशोक कुमार चौधरी ने कांग्रेस के उमेश कुमार राम पर जीत दर्ज की है अलीनगर से वीआईपी के मिश्री लाल यादव ने राजद के विनोद मिश्रा को पराजित किया है साहेबगंज से वीआईपी के राजू कुमार सिंह ने राजद के रामविचार राय पर जीत दर्ज की है बरूराज से भाजपा के अरूण कुमार सिंह ने राजद के नंद कुमार राय को बड़े अंतर से पराजित किया है इस च्रनाव में कई दिग्गज प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी इमामगंज से चुनाव हार गये हैं वहीं राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी केवटी सीट से चुनाव हार गये है राजद की लवली आनंद को सहरसा सीट से हार का सामना करना पड़ा है जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव मधेप्रा से चुनाव हार गये हैं वहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही वरिष्ठ नेता शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी यादव चुनाव हार गयी है प्लुरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी पटना की बांकीपुर और मध्रबनी जिले की बिस्फी सीट से चुनाव हार गयी हैं सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से चुनाव हार गये हैं

चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर अधिकारियों को जल्बाजी करने की जरूरत नहीं है आयोग ने अधिकारियों को समुचित प्रक्रियाओं का पालन करने और स्वाभाविक रूप से लगने वाले समय का उपयोग करने का निर्देश दिया है उप निर्वाचन आयुक्त आशीष कुन्द्रा ने आज कहा कि बिहार चुनाव में सात हजार सात सौ से अधिक चक्र से अधिक की गिनती होनी है उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते मतों के गिनती का परिणाम आने में देर होने की संभावना है एनडीए को विधानसभा चूनाव परिणामों में मिल रही सफलता पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि यह विकास की जीत है

श्री त्यागी ने मीडिया के एक वर्ग में आ रही उन खबरों को खारिज किया जिसमे दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकते हैं

उन्होंने दावा कि की अंतिम परिणामों में महागठबंधन को ही जीत मिल रही है

अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के मिश्रीलाल यादव ने कहा कि यह विकास की जीत है

सभी दलों के कार्यकर्ताओं में परिणामों को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है शाम के समय एनडीए को रुझान में बढत मिलने के साथ ही भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया जदयू कार्यकर्ताओं ने पटना में ढोल ताशे और नगाडे की थाप पर जीत का जश्न मनाया वहीं एनडीए और महागठबंधन सभी दलों के वरिष्ठ नेता अंतिम चुनाव परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं कुछ प्रमुख नेताओं ने खुल कर प्रतिक्रिया देने से इंकार किया और अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा किया

उदय नारायण चौधरी अब्दुल बारी सिद्दीकी पप्पू यादव तथा लवली आनंद सहित कई दिग्गज भी हारे

कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को तीस हजार से अधिक मतों से पराजित किया